अभी तक राज्य सरकार पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बच्चों को निश्ल्क उच्च शिक्षा की सुविधा मुहैया कराती थी मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना में इजीनियरिंग के लिये शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर पूरी फीस और अनुदान प्राप्त अशासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर एक लाख पचास हजार रूपये का भुगतान किया जायेगा वही मेडिकल की पढाई के लिये प्रवेश परीक्षा नीट के माध्यम से शासकीय और निजी मेडिकल कालेज में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को भी योजना का लाभ मिलेगा इन विद्यार्थियों की फीस का भुगतान उनके आधार लिंक बैंक खातों के माध्यम से किया जायेगा जनआशीर्वाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जनआशीर्वाद यात्रा कल राजगढ जिले के ब्यावरा पहुंची अपनी यात्रा के सिलसिले में उन्होंने आज पत्रकारों से चर्चा में अपने शासनकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि राज्य की जनता के कल्याण और विकास के लिये कार्य करते रहेंगे श्री चौहान ने कहा कि हमने प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाया है और अब इसे समुद्धशाली राज्य बनाया जायेगा ताकि हर व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकता पूरी हो सकें उन्होंने कहा कि चार अगस्त को मुद्रा बैंक योजना के तहत दो लाख चौसठ हजार युवाओं को रोजगार दिया गया श्री चौहान ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी राजगढ़ जिले की सभी पांच विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करेंगी

सहकारी अस्पताल सहकारिता राज्य मंत्री विश्वास सारंग ने कल भोपाल में प्रदेश के पहले सहकारी अस्पताल का श्भारंभ किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि सहकारिता द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में अस्पताल शुरू कर नवाचार किया गया है इस अस्पताल में नागरिकों को रियायती दर पर दवाईयां और विभिन्न प्रकार की जाचों की सुविधा मिलेगीं

उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया ने कल कहा कि राज्य के अनेक महाविद्यालयों में छात्रों के प्रवेश से वंचित रहने की सूचना के चलते यह व्यवस्था की गयी है उन्होंने कहा कि इसके लिये महाविद्यालय ने पर्याप्त स्थान शिक्षण व्यवस्था प्रयोगशाला पुस्तकालय शिक्षण के लिये पर्याप्त स्टाफ परीक्षा संचालन की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये प्रार्चाय को समयसीमा में संबंधित विश्वविद्यालय से सीट संख्या में वृद्धि की मान्यता प्राप्त करना होगी और इसकी सूचना संचालनालय को देनी होगी युवा दिवस आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है यह दिवस युवाओं के समक्ष चुनौतियों और समस्याओं के प्रति जागरूकता के लिये प्रतिवर्ष मनाया जाता है इस वर्ष का विषय सेफ स्पेस फॉर युथ है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार राजनीतिक अस्थिरता रोजगार की चुनौतियों और सामाजिक गतिविधियो में भागीदारी के अभाव के कारण युवा दिन प्रतिदिन सभ्य समाज से अलग होते जा रहे है कौशल केन्द्र प्रदेश का दूसरा मॉडल कैरियर और कौशल केन्द्र रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वद्यालय परिसर में खोला जायेगा

मॉडल कैरियर और कौशल केन्द्र की स्थापना होने से क्षेत्र के चार हजार से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेगे केन्द्र में युवाओं को तीन से छह माह तक का अल्पकालीन प्रशिक्षण देकर उनका रोजगार सुनिश्चित किया जायेगा

इस दौरान जिले के तीन शहीद नायक रमेश बघेल राबर्ट मार्टिन सिंह और संतोष चौहान के परिजनों का सम्मान किया जायेगा

इस मौके पर ग्रामीणों की समस्याओं को निराकरण किया गया

दुनिया भर में हार्थियों के संरक्षण के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिये यह दिवस मनाया जाता है